सोलह जनवरी को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र

बैठक में विभिन्न उद्योगों के साथ साथ उत्पादन पर्यटन और निर्माण क्षेत्र को गति देने के उपायों पर विचार किया गया साथ ही विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निजी निवेशकों की भागीदारी के साथ साथ कृषि तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई संसद बजट सत्र संसद का बजट सत्र इस महीने की इकतीस तारीख से शुरू होने वाला है आर्थिक सर्वेक्षण इकतीस जनवरी को ही संसद में पेश होगा वहीं अगले वित्त वर्ष का केंद्रीय बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बजट सत्र का पहला चरण इकतीस जनवरी से ग्यारह फरवरी तक होगा जबकि सत्र का दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा मुख्यमंत्री राजनांदगांव दुर्ग प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धि बताया है राजनांदगांव नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख और सभापति हरिनारायण धकेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की सफलता के लिए जनता के सहयोग और पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता को श्रेय जाता है उधर दुर्ग जिले में भी आज नव निर्वाचित महापौर धीरज बाकलीवाल और सभापति राजेश यादव ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अपना पदभार ग्रहण किया नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर समर्थन जुटाने के लिए दस दिन का राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है इसके तहत आज बिलासपुर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में अपनी बात रखी उन्होंने कहा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नागरिकों की संख्या कम हो रही है जबकि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक लगातार बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान सहित अन्य देशों से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को लिए ही यह कानून बनाया गया है लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा देश में ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह कानून किसी एक समुदाय के खिलाफ है डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसी भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पांच जनवरी से घर घर संपर्क नाम से अभियान की शुरुआत की है सिंहदेव बैठक प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों को अब राज्य की नोडल एजेंसी के जरिये भुगतान किया जाएगा इसके लिए आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति की जा रही है जांजगीर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है इसी के तहत मरीज को अस्पताल तक लाने वाले वाहन चालक को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में बाहरी मरीजों के इलाज की सुविधा दो पाली में करने की व्यवस्था शुरू की है इस तरह दो पाली में ओपीडी संचालित होने से इलाज के इच्छुक कर्मचारियों को अलग से अवकाश नहीं लेना पड़ेगा निष्ठा कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा संचालित निष्ठा कार्यक्रम के तहत इन दिनों रायपुर में शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है गौरतलब है कि एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के समग्र विकास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम को निष्ठा नाम दिया है इस प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बच्चों की बुनियाद मजबूत होना जरूरी है उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शिक्षा गुणवत्ता की तैयारी में पूरे देश में अग्रणी है निष्ठा कार्यक्रम के तहत मौजूदा प्रशिक्षण के बाद इसमें शामिल शिक्षकों को जिला और विकासखण्ड स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा माओवादी आगजनी बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक ट्रैक्टर सहित छह वाहनों में आग लगा दी पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि ये सभी वाहन चेरपाल नदी में रेत भरने गई थी इसी दौरान वहां बड़ी संख्या में माओवादी पहुंचे और वाहनों को आग के हवाले कर दिया

विधानसभा की विज्ञप्ति के अनुसार इस सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी संपादित होंगे स्तन रोग अधिवेशन राजधानी रायपुर में कल से स्तन रोग के निदान पर राज्य स्तरीय अधिवेशन शुरू हो रहा है दो दिनों के इस अधिवेशन में देशभर के ख्यातिप्राप्त डॉक्टर स्तन की विभिन्न बीमारियों की जांच और इलाज के विषय पर अपना व्याख्यान देंगे इस दौरान वे आम लोगों और मीडिया से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में होगा सम्मेलन में रायपुर मेडिकल कॉलेज डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ भी स्तन संबंधी बीमारियों के विषय में अपनी जानकारी साझा करेंगे छेरछेरा पर्व प्रदेश में कल मनाए जाने वाले छेरछेरा त्यौहार की तैयारी जोरशोर से चल रही है अन्नदान का यह पर्व इस बार विशेष रूप से मनाया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल कल राजधानी रायपुर के दूधाधारी मंदिर में आयोजित छेरछेरा जोहार कार्यक्रम में शामिल होंगे मंदिर में सुबह नौ बजे से दान धर्म और फसल उत्सव के रूप में छेरछेरा त्यौहार का आयोजन किया जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहने वाले कलाकारों द्वारा छेरछेरा पर्व पर मंदिर के आसपास के घरों से दान लेकर प्रदेश में सुपोषण अभियान को बढ़ावा देने की विशेष पहल की जाएगी संस्कृति और जनसम्पर्क विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छेरछेरा पुन्नी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा की बधाई देते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल राजस्थान और मध्यप्रदेश के ऊपर बना चक्रवात आज कुछ कमजोर पड़ गया है इस वजह से छत्तीसगढ़ में अब व्यापक वर्षा की संभावना कम हो गई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसमी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई बालोद में तेज हवाओं के साथ बोछारें पड़ी वहीं राजनांदगांव जिले में बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई

तेजाब हमले की शिकार महिला पर केंद्रित इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई है यह फिल्म कल छत्तीसगढ़ सहित देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी रहे ओपी गुप्ता को दुराचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है रायपुर की अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें सोलह जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के कम्प्यूटर डाटा सेंटर में रखरखाव कार्य के कारण अगले दो दिनों तक सूचना तकनीक आधारित सेवाएं प्रभावित रहेंगी बालोद पुलिस ने लाखों रूपये की ठगी करने के मामले में एक फर्जी चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को नागपुर से गिरफ्तार किया है बालोद कलेक्टर ने डौण्डी नगर पंचायत के सब इंजीनियर को सोशल मीडिया में कथित रूप से विवादित बयान देने की शिकायत पर निलंबित कर दिया है